प्रधानमंत्री कृषि विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधारों से संबंधित दो विधेयकों के संसद में पारित होने पर कहा कि यह भारतीय कृषि के इतिहास में क्रांतिकारी क्षण है श्री मोदी ने किसानों को बधाई देते हुए कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव आएगा और करोड़ों किसान सशक्त होंगे उन्होंने कहा कि दशकों से भारतीय किसान विभिन्न दबावों से पीड़ित थे और बिचौलियों के शिकार बनते थे विधेयकों के पारित होने से किसान इन बाधाओं से मुक्त होंगे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 उन्होंने जोर दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था और सरकारी खरीद भी जारी रहेगी इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि कृषि सुधार बिल के माध्यम से केन्द्र सरकार ने किसानों को मौजूदा विकल्प के अलावा अन्य विकल्प देने की कोशिश की है श्री साय ने आज डिजिटल माध्यम से आयोजित पत्रकारवार्ता में कहा कि मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करने के साथ ही भविष्य में इसे और बढ़ाने का प्रयास भी किया जाएगा श्री साय ने कहा कि इस विधेयक में किसानों को एक नया विकल्प दिया गया है कि वे देश के किसी भी कोने में अपनी फसल बेच सकते हैं उन्होंने आरोप लगाया कि इस विधेयक के विषय को लेकर कांग्रेस किसानों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रही है

इस दौरान जिले में किराना और सब्जी की दुकानें नहीं खुलेंगी केवल मेडिकल दुकानों को निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी रायपुर कलेक्टर ने लॉकडाउन के संबंध में पूर्व में जारी आदेश में कुछ संशोधन किया है इसके मुताबिक अब अतिआवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों के साथ ही प्रेस मीडिया परीक्षार्थियों दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों जिन्हें लौटना हो या आगे जाना हो उन्हें भी पेट्रोल पम्प में पेट्रोल डीजल दिया जाएगा वहीं ई पासधारकों और अनुमति प्राप्त लोगों को भी पेट्रोल डीजल मिलेगा इसके पहले केवल अतिआवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही पेट्रोल या डीजल देने की अनुमति प्रदान की गई थी आम नागरिकों के लिए प्रतिबंध यथावत् रहेगा इसी तरह दूध वितरण के लिए संशोधित आदेश जारी किया गया है इसके मुताबिक दुकान या पार्लर खोलने की अनुमति नहीं होगी बल्कि निर्धारित समय पर नियमों का पालन करते हुए दूध वितरण किया जा सकता है यही आदेश समाचार पत्रों के हॉकरों के लिए भी लागू होगा परीक्षार्थियों के लिए प्रवेश पत्र को ई पास के रूप में मान्य किया जाएगा

लॉकडाउन अवधि में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी व्यावसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी रायपुर और बेमेतरा जिलों के साथ ही अंबिकापुर नगर निगर क्षेत्र में अट्ठाईस सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा इसके अलावा बिलासपुर में कल सुबह पांच बजे से अट्ठाईस सितंबर तक बालोद में कल से तीस सितंबर तक सूरजपुर और धमतरी में कल रात नौ बजे से एक अक्टूबर की रात नौ बजे तक लॉकडाउन रहेगा वहीं जशपुर और बलौदाबाजार भाटापारा जिले में कल से उननीस सितंबर की रात बारह बजे तक लॉकडाउन रहेगा

वहीं महासमुंद जिले में भी तेईस सितंबर की रात सात बजे से तीस सितंबर की रात बारह बजे तक लॉकडाउन प्रभावशील रहेगा कलेक्टर ने व्यापारी संगठनों के साथ हुई बैठक के बाद इसकी घोषणा की इस संबंध में दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे जबकि रायगढ़ जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में चौबीस सितंबर सुबह पांच बजे से तीस सितंबर की रात्रि बारह बजे तक लॉकडाउन रहेगा दुर्ग के शहरी क्षेत्रों में कल रविवार से लॉकडाउन लागू हो गया है वहीं पूरे दुर्ग जिले में चौबीस से तीस सितंबर तक पूर्ण लॉकडाउन लागू किया जाएगा इस दौरान जिले की सीमाएं सील रहेंगी केन्द्र और राज्य सरकार के अधीन सभी शासकीय अर्द्वशासकीय और निजी कार्यालय बंद रहेंगे बैंक सुबह दस से दोपहर बारह बजे तक संचालित होंगे जिले से अन्यत्र जाने वाले यात्रियों को ई पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी पेट्रोल पम्पों में अत्यावश्यक से जुड़े वाहनों और कुछ अन्य अनुमति प्राप्त वाहनों को ही पेट्रोल डीजल मिलेगा मुंगेली में बीते सत्रह सितंबर से ही लॉकडाउन लागू है जो तेईस सितंबर तक रहेगा वहीं कबीरधाम जिले में चौदह सितंबर से आगामी आदेश तक लॉकडाउन लागू किया गया है इस दौरान जिले के सभी पर्यटन केन्द्रों पर लोगों की आवाजाही भी प्रतिबंधित रहेगी कोरोना समाचार कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रायपुर जिले में लागू किए गए पूर्ण लॉकडाउन के दौरान मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों का संचालन बाईस से अट्ठाईस सितंबर तक की अवधि में नहीं किया जाएगा यह निर्देश नवा रायपुर और रायपुर स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालयों पर लागू होगा सभी विभागीय सचिव और विभागाध्यक्ष वर्क फॉर्म होम की पद्वति से शासकीय कार्य संपादित करेंगे वहीं दुर्ग में सीटी स्कैन करने वाली संस्थाओं के संचालकों की बैठक में अपर कलेक्टर बीबी पंचभाई ने निर्देशित किया कि डॉक्टर की सलाह या अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति का सीटी स्कैन नहीं किया जाए इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल से संबंधित दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाए और निर्धारित दर वसूल की जाए कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए महासमुंद जिले के पटवारी कल बाईस सितंबर से घर पर रहकर ही कार्य करेंगे पटवारी संघ ने इस संबंध में कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा ज्ञापन में बताया गया है कि प्रदेश में सत्तर से अधिक पटवारी अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं वहीं दो पटवारियों की कोरोना से मौत हुई है दुर्ग पुलिस अभियान दर्ग पुलिस द्वारा लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए मास्क ही ब्रंहास्त्र है नाम का एक अभियान चलाया जा रहा है पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने इस अभियान की शुरूआत करते हुए नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचने की अपील की दुर्ग पुलिस द्वारा तैयार किए गए अलग अलग टैगलाइन और साइनबोर्ड के माध्यम से भी लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा अभियान के तहत तीस सितंबर तक हर दिन रैली के माध्यम से वार्डों में जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा इसी कड़ी में पुलिस जवानों ने कल रविवार को दुर्ग क्षेत्र से भिलाई के छावनी थाना तक मोटरसाइकिल रैली निकाली इसमें पुलिस के अधिकारी भी शामिल हुए विशेष कार्यक्रम प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा कल बाईस सितंबर को एक विशेष कार्यक्रम कोरोना संक्रमण से कैसे बचें प्रसारित किया जाएगा इसके अंतर्गत रायपुर मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ओपी सुंदरानी से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित किया जाएगा प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा तैयार किया गया यह कार्यक्रम कल सुबह साढ़े दस बजे प्रसारित होगा जिसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से बहत्तर सीटर नियमित विमान सेवा का एक आभासी कार्यक्रम के जरिये शुभारंभ किया जगदलपुर से रायपुर की पहली उड़ान के रायपुर विमानतल पहुंचने पर इसका पानी की बौछारें से स्वागत किया गया इस विमान सेवा के शुरू होने से जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी विमानतल से अब बस्तरवासियों को हवाई मार्ग से रायपुर और हैदराबाद यात्रा की सुविधा मिल सकेगी इस नियमित सेवा के तहत यात्री विमान हैदराबाद से हर दिन सुबह नौ बजे उड़ान भरकर जगदलपुर होते हुए दोपहर बारह बजे रायपुर पहुंचेगा रायपुर से दोपहर साढ़े बारह बजे प्रस्थान कर यह विमान एक बजकर पैंतीस मिनट पर जगदलपुर पहंचेगा वहां से दो बजकर पांच मिनट पर रवाना होकर दोपहर तीन बजकर चालीस मिनट पर हैदराबाद पहुंचेगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जगदलपुर से विमान सेवा की शुरूआत कर बस्तर को बड़ी संभावनाओं से जोड़ा जा रहा है जो पूरे बस्तर संभाग के विकास का एक नया आयाम देगा कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय विमानन राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हवाई सेवा शुरू होने से जगदलपुर बस्तर में पर्यटन और विकास को बढ़ावा मिलेगा इस मौके पर उन्होंने उड़ान योजना के माध्यम से जगदलपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट के विकास तथा रायपुर एयरपोर्ट के विस्तार की कार्ययोजना की भी जानकारी दी इस बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने हवाई सेवा के माध्यम से बस्तर को रायपुर और हैदराबाद से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय विमानन राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी का आभार व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि बस्तर के विकास को इससे नई गति मिलेगी भाजपा सेवा सप्ताह भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन को इन दिनों सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है इसी कड़ी में बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस मौके पर नेता धरमलाल कौशिक ने वेबीनार के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया उन्होंने कहा प्रतिपक्ष कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश की प्रगति के लिए सदैव प्रयत्नशील हैं और समाज में नवीनता के हमेशा प्रयोगवादी हैं प्रधानमंत्री सबके जीवन में समग्रता की भावना के साथ ही राष्ट्र को प्रगति की दिशा में ले जाना चाहते हैं श्री कौशिक ने कहा कि चौदह से बीस सितंबर तक आयोजित सेवा सप्ताह में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर हम उनके कर्मयोग और जीवन के संकल्पों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहंचाने में सफल हए हैं ओपन स्कूल परिणाम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी और हाईस्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा दो हजार बीस का परीक्षा परिणाम आज जारी कर दिया गया हाईस्कूल की परीक्षा में अठासी दशमलव नौ सात प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए जबकि हायर सेकेण्डरी परीक्षा में बयानवे दशमलव दो छह प्रतिशत परीक्षार्थी सफल हुए हैं माओवादी घटना बीजापुर जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के भटवाड़ा में माओवादियों ने एक पूर्व सहायक आरक्षक की हत्या कर दी है वहीं इसी जिले के जांगला थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने गश्त के दौरान बड़ेतुंगाली और छोटेतुंगाली के बीच सड़क पर माओवादियों द्वारा लगाया गया विस्फोटक बरामद किया है बाद में बम निरोधक दस्ते ने इस विस्फोटक को निष्क्रिय कर दिया संविदा स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के बैनर तले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा नियमितीकरण की मांग को लेकर की जा रही हड़ताल अब भी जारी है इसके चलते प्रदेश के अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित हुई है विभिन्न जिलों में कलेक्टरों ने कल नोटिस जारी कर चौबीस घंटे के भीतर सभी स्वास्थ्यकर्मियों को काम पर लौटने के लिए कहा था लेकिन आज अधिकांश जगहों पर इस चेतावनी का असर नहीं देखा गया और संविदा स्वास्थ्यकर्मी आंदोलन को जारी रखे रहे हमारे जांजगीर संवाददाता ने बताया कि बारिश के बावजूद संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने आंदोलन को जारी रखा हुआ है

राजधानी रायपुर में आज दिनभर रूक रूककर बारिश होती रही वहीं धमतरी जिले में हुई बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है जिले में महानदी सीतानदी आठदाहरा और सोंदूर नदी का जलस्तर बढ़ गया है वहीं सिहावा की निचली बस्तियों में पानी भर गया है निचली बस्तियों को अलर्ट भी किया गया है साथ ही बोराई सिहावा होते हुए ओडिशा को जोड़ने वाले मार्ग पर भी आवागमन बाधित हुआ है उधर बिलासपुर और मुंगेली जिले में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई है इस बारिश को धान की फसल के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है मानसून की विदाई के समय होने वाली इस बारिश को स्थानीय भाषा में बुढ़वा बारिस और सोनवरसा भी कहा जाता है इस बीच मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा के अनुसार कल बाईस सितंबर को छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से लगे सीमावर्ती इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है

राज्य शासन ने आज भारतीय प्रशासनिक सेवा के ग्यारह अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया है इसके अलावा डिप्टी कलेक्टर और संयुक्त कलेक्टर स्तर के तेरह अधिकारियों के प्रभार भी बदले गए हैं बीजापुर जिले में उफनती नदी पार करते समय जवानों से भरी एक बस नदी में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और सभी जवान सुरक्षित हैं स्वच्छता पखवाड़े के तहत रायपुर रेलमंडल में आज स्वच्छ रेलगाड़ी की थीम पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए कोंडागांव पुलिस ने सेना के एक जवान से करीब बारह लाख रूपये की ऑनलाइन ठगी करने वाले दो आरोपियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है कांकेर जिले के दुर्ग्रकोंदल के अंतर्गत कर्रामाड़ गौसेवा केन्द्र में आयोग से प्राप्त अनुदान का गबन करने के मामले में पुलिस ने संचालक को गिरफ्तार किया है महासमुंद जिले में कोमाखान पुलिस ने टेमरीनाका के पास वाहनों की जांच के दौरान एक कार से करीब सत्तर किलो गांजा बरामद किया है